कल दोपहर बाद से स्थिति सामान्य होने की संभावना

कल थम जायेगा प्रचार का शोर

बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फोनी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है गोपालगंज सिवान पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण रोहतास कैमूर वैशाली जहानाबाद पटना मुजफ्फरपुर सहित उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगह चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की खबर है पटना और आसपास के इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चलने और बादल छाने से दोपहर में अंधेरा छा गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने आकाशवाणी को बताया कि चक्रवाती तूफान फोनी के कारण बने दबाव क्षेत्र का प्रवेश प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से है जिस कारण किशनगंज पूर्णियां कटिहार बांका भागलपुर सुपौल और सहरसा में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है साथ ही इन क्षेत्रों में चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है उन्होंने बताया कि कल दोपहर बाद स्थिति सामान्य होने का पूर्वानुमान है इधर आज सबसे अधिक एक सौ चौवालीस मिलीमीटर बारिश किशनगंज जिले के गलगलिया में दर्ज की गयी है ठाक्रगंज में अड़तीस दशमलव चार तैय्यबपुर में इकतीस दशमलव दो बगहा में बारह और वाल्मिकीनगर में दस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी इधर चक्रवात से प्रभावित होने वाले विभिन्न जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और विशेष सतर्कता बरती जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि शेखपुरा जिले में अंचल और प्रखंड कार्यालयों के कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं अररिया पूर्णियां कटिहार और किशनगंज में प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान के ओडिशा से होकर गुजरने के बाद पुरी भुवनेश्वर जगतसिंहपुर में भारी बारिश हो रही है पूर्व मध्य रेलवे ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत जाने वाली दस ट्रेनों को रद्द कर दिया है पटना से खुलने वाली पटना एर्णाकूलम एक्सप्रेस और नई दिल्ली से खूलने वाली नई दिल्ली भूवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गयी है कल वापसी में नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस रद्द रहेगी वहीं पुरी से खुलने वाली प्री नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन भी कल रद्द रहेगी पटना हवाई अड्डे से बेंग्लुरू और कोलकाता जाने वाली सीधी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है छह मई को पांचवें चरण के तहत प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले च्रनाव को लेकर प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है इस चरण के तहत सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों के लिए कल शाम पांच बजे प्रचार समाप्त हो जायेगा इस सिलसिले में आज मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा उम्मीदवार अजय निषाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री कुमार ने केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने देश के सबसे उपेक्षित तबकों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाओं की शुरूआत की है उन्होंने उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और श्रमयोगी मानधन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से देश की तस्वीर बदल रही है इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी के प्रपरी और भूतही में महागठबंधन उम्मीदवार अर्जुन राय के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री यादव ने केन्द्र और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए लोगों से परिवर्तन के लिए महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मुजफ्फरपुर में एनडीए उम्मीदवार अजय निषाद के पक्ष में रोड शो कर समर्थन की अपील की श्री मोदी ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के बिठौली गांव में एनडीए उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा विकास के कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बीस से प्रदेश के हर गांव में चौबीसों घंटे बिजली मिलने लगेगी इसी लोकसभा क्षेत्र के लालगंज में लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रोड शो कर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की भाजपा की वरिष्ठ नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के केसरिया में भाजपा उम्मीदवार राधामोहन सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि श्री सिंह के नेतृत्व में किये गये कामों के कारण किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है भाजपा नेत्री ने पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय जायवाल के पक्ष में भी चुनाव प्रचार किया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब क्षेत्र के फतुहा में रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र में आर के सिंह ने आरा में और अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने पालीगंज में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के नानपुर में राजद प्रत्याशी अर्जुन राय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया वहीं जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिन्टू के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने सीतामढ़ी के नानपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राष्ट्रवादी चेतना पार्टी के राम निरंजन राय ने दानापुर और मनेर विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की मधुबनी लोकसभा सीट से इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है इस संसदीय क्षेत्र से दो महिला समेत सत्रह प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं

भाकपा और जन अधिकार पार्टी ने उन्हे समर्थन दिया है मधुबनी जिले को बाढ सुखाड से बचाव जयनगर से दरभंगा रेल लाइन का दोहरणीकरण लोगों को रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध कराना लोक चित्रकला का समुचित विकास लोगों की प्रमुख मांगों में शामिल है आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वाल्मिकीनगर संसदीय क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका गृह परिसर की खुदाई के दौरान मानव अस्थि अवशेष मिले हैं साथ ही इसमें बालिका गृह में हुई मौतों की जांच जारी रहने की बात कही गयी है पूर्णियां जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र में पिछले दिनों स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा के भाई शंकर कुशवाहा पर गोली चलाने के आरोपी मिठ् सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गयी शंकर कुशवाहा पर हमले के बाद मिठ्ठ सिंह को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बुरी तरह पीट दिया था जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था मृतक के परिजनों ने इस मामले में तीन नामजद सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है

कल दोपहर बाद से स्थिति सामान्य होने की संभावना

कल थम जायेगा प्रचार का शोर